आज विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है इस वर्ष का विषय है वायु प्रदूषण

प्रदेशभर में ईद उल फित्र का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है भारतीय वायुसेना के लापता विमान एएन थर्टी ट्र की तलाश में सेना और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की मदद ली जा रही है भारतीय वायुसेना ने एक ट्वीट में कहा कि इसरो के कार्टोसैट और रिसैट उपग्रह विमान के लापता होने की जगह की तस्वीरे ले रहे हैं पुलिस और प्रशासन भी इस अभियान में सहयोग दे रहे हैं इस बीच वायु सेना के पूर्वी कमान के प्रमुख एयर मार्शल राजीव जयंत माथुर ने कल जोरहाट वायू सेना स्टेशन का दौरा किया उन्होंने लापता विमान पर सवार लोगों के परिजनों से मुलाकात भी की मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विभिन्न भारतीय भाषाओं को समेकित रूप से विकसित करने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों को एक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिये है उन्होंने कहा कि हमें प्राचीन भारतीय ग्रंथों में छिपे ज्ञान के भंडार को पाने के लिए और शोध करने का प्रयास करना चाहिए साथ ही उस ज्ञान को आध्रनिक विज्ञान के साथ जोड़ना चाहिए समीक्षा बैठक के दौरान श्री पोखरियाल ने गुवत्तापूर्ण शिक्षा के महत्व को भी रेखांकित किया

वैश्विक आर्थिक आकलन रिर्पोर्ट में विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्वि दर अगले दो वर्ष में भी समान बने रहने की आशा व्यक्त की है रिपोर्ट के अनुसार बेहतर मौद्रिक नीति से ऋण की स्थिति मजबूत होगी और निजी उपभोग और निवेश बढ़ेगा रिपोर्ट में कहा गया है कि मुद्रा स्फीति रिजर्व बैंक के निर्धारित लक्ष्य से भी नीचे आ गई है विश्व बैंक ने कहा है कि हाल के नीतिगत सुधारों से निवेश और बढ़ने का अनुमान है

अब नियोक्ता अपने कर्मचारियों को दस जुलाई तक यह फॉर्म जारी कर सकेंगे

आज विश्व पर्यावरण दिवस है दुनियाभर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए हर वर्ष आज का दिन पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि प्रक्रति और पृथ्वी की रक्षा के लिए रचात्मक कदम उठाए जा सकें इस वर्ष का थीम है वायु प्रद्षण संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व पर्यावरण दिवस लोगों उद्यमों और समुदायों को पर्यावरण संरक्षण और प्रोत्साहन की दिशा में उचित कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण किया

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज प्रदेशभर में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है जयप्र में इस अवसर पर रन फोर एनवायरमेंट रैली आयोजित की गई सीकर में वन विभाग और स्काउट और गाईड की और से पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली गई वहीं बांसवाडा में भी दौड का आयोजन किया गया उधर धौलपुर में वन विभाग और जिला प्रशासन ने लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिये अधिक से अधिक पेड लगाने का आहवान किया करौली में भी इस मौके पर पर्यावरण जागरूकता से संबंधित अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है

प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है इस सप्ताह इससे राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है वहीं कुछ स्थानों पर पेयजल संकट भी बढ़ता जा रहा है

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिनों तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में लू और गर्मी अपने चरम पर होगी इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में लू और भीषण गर्मी के दौरान सुरक्षित रहने के बारे में लोगों के लिए परामर्श जारी किया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने का आग्रह किया है

उन्होंने सभी से योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने का आग्रह किया और दूसरों को भी ऐसा करने को लिए प्रेरित करने को कहा ईद उल फित्र का पर्व आज प्रदेशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस मौके पर लोग सुबह से ही एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे है डूंगरपुर जिले में आज घाटी से एक जुलुस निकाला गया इसके बाद वहां सामुहिक नमाज अदा की गई बीकानेर में बडे ईदगाह मस्जिदों सहित गंगाशहर रोड स्थित ईदगाहों पर ईद की नमाज अदा की गई बाडमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि ईद के अवसर पर लोगों में खासा उत्साह है

आईसीसी क्रिकेट विश्वकप में विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया आज साउथैम्पटन में अपने अभियान का आगाज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करेगी दक्षिण अफ्रीका शुरुआती दो मैच हारने को बाद इस मैच से वापसी की कोशिश करेगा आज के एक अन्य मैच में बांग्लादेश और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे आकाशवाणी पर आज से विश्वकप क्रिकेट का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा प्रसार भारती के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेमपति ने एक ट्वीट में कहा कि आकाशवाणी द्वारा शुरू किया गया यह आंखों देखा हाल पहली बार पायलट आधार पर इंटरनेट पर भी उपलब्ध होगा